प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सती ने जन आभार रैली पर कांग्रेस के विरोध को बौखलाहट का प्रतीक बताया जनतजातीय इलाकों में तापमान शून्य से नीचे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत जल थल और नभ तीनों क्षेत्रों में परमाणु शक्ति संपन्न हो गया है

खेलकूद के महत्व पर ज़ोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ संकल्प और बुलंद हौसलों से रूकावटें खुद ही समाप्त हो जाती हैं

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लोहड़ी पोंगल मकर संक्रांति उत्तरायण माघ बिहू और माघी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भले ही इन त्योहारों के नाम अलग अलग हैं लेकिन सबको मनाने की भावना एक ही है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं प्रतिक्रिया इस बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना

वे आज नई दिल्ली में हिमाचल कल्याण सभा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने दिल्ली में रह रहे प्रदेशवासियों से राज्य के विकास में अपना योगदान देने का आग्रह किया इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया दुर्घटना शिमला ज़िला में चौपाल उपमण्डल के भराणू में आज एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हुआ है पीड़ित परिवार मूल रूप से मण्डी ज़िले के जोगिन्द्रनगर का रहने वाला है मृतकों में मां बेटा शामिल हैं जबकि घायल कार चालक नेरवा के नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन है

घायलों को आईजीएमसी रैफर किया गया है सत्ती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि जन आभार रैली की अपार सफलता से कांग्रेस बौखला गई है और भाजपा नेताओं पर गलत बयानबाज़ी इस बौखलाहट का प्रतीक है

वहीं दूसरी ओर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने भी राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर कांग्रेस के विरोध को बौखालाहट भरा कदम बताया है कांगड़ा में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में गतिशीलता और दूरदर्शिता के साथ कार्य करते हुए विकास को नई दिशा दी है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में नाहन में काफी विकास हुआ है उन्होंने आज नाहन में कहा कि इसके अलावा पेयजल व सिंचाई योजनाओं के सुधार में भी प्रगति हुई है

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिक्षा का वास्तविक उददेश्य युवाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ये बात उन्होंने आज सोलन ज़िला के धुन्दन स्कूल के वार्षिक समारोह में कही उन्होंने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में आज देश में दूसरे स्थान पर है लेकिन हमें शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाना होगा और प्रदेश सरकार इसके लिए प्रयासरत्त है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार बच्चों को शुरू से ही विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए अध्यापक निरंतर प्रयासरत्त रहें ऊना ज़िले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के चताड़ा और डंगोली स्कूलों के वार्षिक समारोहों में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं सहित अध्यापकों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी उनहोंने अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के तहत पुराने विद्यार्थियों के नामावली पट्ट का भी अनावरण किया

केन्द्र की सहायक निदेशक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे

किन्नौर से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार ज़िले में कड़ाके की ठण्ड के चलते नदी नाले और पानी की पाइपें जम चुकी हैं जिससे लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है बर्फबारी के कारण परिवहन निगम की दो बसें ताबो में फंसी हुई हैं जबकि दूरदाराज क्षेत्रों हरंग आसरंग रोघी और कुन्नो चारंग के लिए बस सेवा पहले ही रोक दी गई है

मांग चम्बा ज़िले के पांगी मण्डल के लोगों ने घाटी के लिए जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान कराने का आग्रह किया है लोगों के अनुसार पिछले लम्बे समय से यात्री चम्बा से पांगी जाने के लिए हैलीकॉप्टर उड़ान का इंतज़ार कर रहे हैं स्थापना दिवस कांग्रेस सेवादल के स्थापना दिवस पर आज प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित कर ध्वजवंदन किया गया शिमला में ज़िला अध्यक्ष हेमंत शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी ध्वज फहराया गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित सदस्यों को एकता व अखण्डता बनाए रखने की शपथ दिलाई विधिक सेवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा बरमाणा में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यामूर्ति धर्मचंद चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है उन्होंने उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने की सलाह दी शिविर में ट्रक मालिकों चालकों परिचालकों मजदूरों पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया